प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गये व्यापक प्रबंध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज करतारपुर साहिब गलियारे का करेंगे शुभारम्भ

उच्चतम न्यायालय आज अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर फैसला सुनायेगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिन में साढ़े दस बजे फैसला सुनाए जाने की सम्भावना है फैसला सुनाए जाने से सम्बंधित एक नोटिस कल शाम उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में न्यायमूर्तिगण एस ए बोबडे डी वाई चन्द्रचूण अशोक भूषण और एस अद्दुल नजीर शामिल हैं संविधान पीठ ने चालीस दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद सोलह अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है धार्मिक गुरूओं ने भी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किसी भी हाल में शांति और सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए हैं पुलिस विभिन्न शहरो में फ्लैग मार्च कर रही है सभी समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल कर शांति समितियां भी गठित की गयी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सभी जिलों में धारा एक सौ चौवालिस लगा दी गयी है कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा कि पुलिस असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रभारी आश्तोष पाण्डेय ने कहा कि अयोध्या में स्थिति सामान्य है पुलिस ने कई स्तर पर सुरक्षा जोन तैयार किए हैं आने जाने वालों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि अयोध्या में पी ए सी सी आर पी एफ और आर ए एफ सुरक्षा बलों की साठ कम्पनिया तैनात की गयी हैं उधर पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं पुलिस महानिदेशक ने देर रात जारी आधिकारिक बयान में कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को भंग करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि इकतीस संवेदनशील जिलों में विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है वहीं अलीगढ़ के जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कल आधी रात से आज रात बारह बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर फैसला सुनाये जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से शांति की अर्पाल की है उन्होंने कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आयेगा वह किसी की जीत या हार नहीं होगी उन्होंने देशवासियों से अपील की ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यह निर्णय देश में शांति एकता और सद्भाव की महान परम्परा को और मजबूत करे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी समुदाय की जीत या हार न माना जाय उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने को कहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे इस मुद्दे पर भडकाऊ बयान जारी न करें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले कल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की राज्य के मुख्य सविव राजेन्द्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने नई दिल्ली में न्यायमूर्ति गोगोई के चैम्बर में मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंजाब में ग्रूदासप्र के डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे की समन्वित जांच चौकी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री डेरा बाबा नानक में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे इस एकीकृत चौकी से पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय श्रद्वाल्ओं को सुविधा होगी पिछले महीने की चौबीस तारीख को डेरा बाबा नानक पर अन्तर्राष्टीय सीमा के जीरो प्वाइट पर करतारपुर साहिब कारीडोर की संचालन व्यवस्था के बारे में पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किया गया था केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने श्री गुरुनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के ऐतिहासिक अवसर को देश विदेश में बड़े स्तर पर मनाने के बारे में पिछले वर्ष नवम्बर में प्रस्ताव पारित किया था भारत से गुरूद्वारा साहिब जाने वाले श्रद्वालुओं की सुविघा के लिए डेरा बाब नानक से अन्तर राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब कारीडोर बनाने और विकसित करने की भी मंजूरी दी गयी थी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुथैव कुट्म्बकम के उच्च आदर्शों पर आधारित है और यही व्यापक सोच हमारे संविधान के अनुच्छेद इक्यावन में निहित है श्रीमती पटेल कल लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के बीसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद इक्यावन विश्व में एकता शांति और मानवता की भलाई करने एवं संसार के बच्चों के भविष्य को स्रक्षित रखने की बात करता है राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायाधीशों के इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन से आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य प्राप्त होगा इस अवसर पर इकहत्तर देशों से आये सभापति मंत्रीगण मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एवं कानूनविद् उपस्थित थे केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आगामी वर्षो में सरकार एक लाख डिजिटल ग्राम की स्थापना करेगी उन्होंने कहा कि प्रायोगिक आधार पर फिलहाल इस प्रकार के करीब आठ सौ गांव कार्यरत हैं उन्होंने कल नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह बात कही श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल ग्राम की स्थापना का उद्देश्य लोगों को डिजिटल के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो हजार बाइस तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण होगी उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की हो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए क्षेत्रवार दीर्घ और अल्पकालीन रणनीति बनानी होगी लखनऊ में कल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक एडीबी समेत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रस्तुतीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सुजन के कई कदम उठाए हैं उन्होंने निवेशकों से कहा कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से आज ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षो में प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदला है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार की उच्च प्राथमिकता है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढाचें में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है राज्य के सूचना विभाग में एलईडी वैन के वांछित पंजीयन प्रमाण पत्र में हेराफेरी और टैम्परिंग के मामले में छह फर्मे के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी के निर्देशों के क्रम में इन फर्मो के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद फर्मो को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है वायु प्रदूषण को कम करने के लिये राज्य सरकार किसानों द्वारा अपनी फसल के अवशेषों पराली को जलाने के मामलो में काफी गंमीर है और दोषियों के खिलाफ आर्थिक दण्ड तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने जैसी कड़ी कार्रवाई कर रही है शाहजहांप्र में जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले दो दर्जन किसानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है गठित टीमों द्वारा पुवाया बंडा और खुटार क्षेत्र में छापे मार कर चौबीस किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई